चुनाव आयोग ने अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति तक एक्जिट पोल के प्रसारण पर लगाई रोक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा लोकसभा चुनाव की जीत में युवाओं और महिलाओं की भूमिका रहेगी अहम विश्व क्षयरोग दिवस पर प्रदेश में हुए कई जागरूकता कार्यक्रम

कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड़डा ने नई दिल्ली में ये घोषणा की कांगड़ा संसदीय सीट से वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार के स्थान पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शिमला से वीरेंद्र कश्यप की जगह पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है वहीं केन्द्रीय च्नाव समिति ने हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और मंडी से रामस्वरूप शर्मा को ही टिकट देने का फैसला लिया है इस बीच कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए लगातार मंथन कर रही है

किशन कपूर इधर प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा नेता किशन कपूर ने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से वे जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे

वहीं सांसद राम स्वरूप शर्मा का मण्डी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा दिव्यांग मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी उन्होंने आज शिमला में बताया कि दिव्यांगजनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित और जागरूक किया गया है उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर की ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से बुकिंग मतदान के दिन से पहले की जा सकती है

एक्जिट पोल निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान सम्पन्न होने से पहले नहीं किया जा सकता

आयोग ने कहा है कि यह नियम सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी लागू होगा आयोग के अनुसार चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रसारण पर निगरानी रखी जाएगी अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर लोकसभा चुनाव के लिए इन दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं इसी कड़ी में उन्होंने आज सिद्वार्थ नगर में पार्टी के पक्ष में प्रचार किया और लोगों को केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा है और अनेक योजनाओं से देश के सभी वर्गो के उत्थान का कार्य किया है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारेगी ऊना ज़िले के घालुवाल में आज पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी अग्निहोत्री ने सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है सम्मेलन सोलन में आज एक दिवसीय भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया इसमें शिमला सोलन और सिरमौर ज़िलों के भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने भाग लिया इस दौरान निर्वाचन विभाग ने ईवी एम मशीन और वीवी पैट की कार्य प्रणाली की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाया भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक सुरेश कुमार वर्मा ने भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी

पहली उड़ान भुंतर गोंदला भुंतर दूसरी भुंतर उदयपुर भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर स्टींगरी भुंतर के बीच होगी

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि गुरूकुल शिक्षा पद्धति हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति की परिचायक है कुरूक्षेत्र में आज गुरूकुल शिक्षा उत्सव में उन्होंने शिक्षण संस्थानों में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उन्हें अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत पर बल दिया राज्यपाल ने कहा कि अभिभावकों की मांग के अनुरूप अगले वर्ष और गुरूकुल स्थापित किए जाएंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा त्योहार है और इसमें युवाओं की भूमिका अहम रहेगी शिमला के खलीणी में आज युवा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एकबार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है और पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए धरातल पर काम किया है सम्मेलन में पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे बाद में मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण के बनूटी में भाजपा महिला मोर्चा के विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत के लिए महिला मोर्चा को अहम भूमिका निभाने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सुरेश कश्यप कर्मठ नेता है और उन्हें जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत से काम करने की आवश्यकता है

केन्द्र की प्रधान अन्वेशक देविना वैद्य ने बताया कि ये केन्द्र विशेष रूप से सेब नाशपाती कीवी मशरूम और अदरक जैसे उत्पादों के विकास के लिए कार्य कर रहा है नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति एचसी शर्मा ने इस उपलब्धि पर केन्द्र के वैज्ञानिकों को बधाई दी है

इसका उद्देश्य इस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है

विश्व की एक तिहाई जनसंख्या टीबी की बीमारी से ग्रसित है विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर आज प्रदेश में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए केलंग में हुए कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ताराचंद ने लोगों को क्षयरोग फैलने के कारणों और इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि केलंग सहित उदयपुर शंशा और काजा में क्षयरोग जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं

इसमें प्रदेशभर के विभिन्न स्कूलों से करीब एक हजार स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं शिविर के शुभारम्भ अवसर पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एक सक्रिय कार्यक्रम है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर जनहित के कार्य करते हैं कुश्ती बिलासपुर में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के दौरान आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता सम्पन्न हो गई है प्रतियोगिता के सामान्य वर्ग में होशियारपुर के गनी और अमृतसर के धर्मेद्र कुमार संयुक्त रूप से प्रथम विजेता बने इसी तरह हिम कुमार कुश्ती प्रतियोगिता में कांगड़ा के पारस पहले स्थान पर रहे समापन अवसर पर प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने पहलवानों को सम्मानित किया

तीरंदाज़ी लाहौल स्पीति के युरनाद गांव में एक दिवसीय तीरंदाज़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई इसमें उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए स्थानीय लोगों व प्रशासन को बधाई दी और युवाओं से इस प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने का आह्वान किया

बैठक में किसानों बागवानों की विभिन्न समस्याओं के साथ साथ विशेष रूप से बागवानों के आढ़तियों से बकाया भुगतान पर चर्चा की गई समिति के सचिव संजय चौहान सहित अन्य पदाधिकारी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे इस दौरान संघर्ष समिति की कोटखाई इकाई की कमेटी का भी गठन किया गया मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिनभर हल्के बादल छाए रहे जबकि ऊंची चोटियों पर रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है ताज़ा बर्फबारी से लाहौल स्पीति ज़िले में सड़कें बहाल करने के कार्य में सीमा सड़क संगठन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है खराब मौसम के चलते घाटी में अभी भी ठण्ड का दौर जारी है